इस दिवस के तहत इकटटा किए गए फंड का इस्तेमाल युद्ध के हीरो वीर नारियों युद्ध विकलांगों पूर्व सैनिकों और सशक्त बलों के सेवारत कर्मियों के कल्याण के लिए किया जाता है इस अवसर पर राज्यपाल डॉ वी डी मिश्रा ने कहा सशस्त्र झंडा दिवस हमें भारतीय सशस्त्र के प्रति अपने दायित्व का निर्वाहन करने का अवसर भी प्रदान कराता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों से देश की आवश्यकता के अनुरुप कम लागत की प्रौद्योगिक विकसित करने को कहा है उन्होंने वैज्ञानिक से देश की तेज आर्थिक वृद्धि में सहयोग का आग्रह किया श्री मोदी कल पुणे में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान आईआईएसआर के वैज्ञानिको से बातचीत कर रहे थे वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री के समक्ष विभिन्न विषयों पर प्रस्तुति दी इनमें कृषि जैव प्रौद्योगिकी के लिए स्वच्छ ऊर्जा सामग्री और उपकरणों से लेकर प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने जैसे विषय शामिल थे आनविक जीव विज्ञान स्रक्ष्मजीवरोधी प्रतिरोधक क्षमता जलवायू अध्ययन और गणितीय वित्त अनुसंधान क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रस्तुतियां भी दी गई प्रधानमंत्री ने इनके लिए वैज्ञानिकों की सराहना की इससे पहले श्री मोदी संस्थान के पूणे परिसर गए और विद्यार्थियों और अनुसंधानकर्ताओं से बातचीत की प्रधानमंत्री ने सी डॉट द्वारा विकसित सात सौ सत्तानवें टेराफ्लॉप कंप्यूटिंग क्षमता का अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर परम ब्रम्हा भी देखा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन फोटों प्रभाग ने आठवें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कारों के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की हैं फोटों प्रभाग प्रत्येक वर्ष फोटोग्राफी के माध्यम से कला संस्कृति विकास विरासर इतिहास जीवन लोक समाज और परंपरा जैसे देश के विभिन्न आयामों को बढ़ावा देने के लिए और पेशेवर तथा अमेचर फोटोग्राफरों को प्रोत्साहित करने के लिए ये पुरस्कार प्रदान करता है राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार को तीन श्रेणियों जीवन पर्यन्त उपलब्धि पुरस्कार व्यावसायिक फोटोग्राफर पुरस्कार और अमेचर फोटोग्राफर पुरस्कार में बांटा गया है व्यावसायिक फोटोग्राफरों के लिए इस वर्ष की विषय वस्तु जीवन और जल और अमेचर फोटोगाफरों के लिए विषय वस्त भारत की सांस्कृतिक विरासत है राजधानी क्षेत्र ईटानगर में आयोजित राज्य स्तरीय आरोग्य मेला आज संपन्न हो गया केंद्रीय आयुष मंत्रालय के सहयोग से राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित इस मेले मे स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हितधारकों ने अपने स्टॉल लगाए और लोगों को आयुर्वेदिक होमियोपैथिक चिकित्सा प्रणाली के अलावा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध औषधीय पौधो के बारे में जागरुक किया क्षेत्रीय आयूर्वेदिक अनुसंधान संस्थान ईटानगर के रिसर्च ऑफिसर डॉ अरविंद कुमार ट्रीम्स नाहरलगुन के डॉ डी के शर्मा और अरुणाचल प्रदेश स्टेट मेडिसिनल बोर्ड के डॉ तेनजिंग देमा सहित आरोग्य मेले में शामिल स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मियों ने लोगों को सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं से भी अवगत कराया दिल्ली में आज सुबह झांसी मार्ग पर अनाज मंडी में लगी भीषण आग में कम से कम तैतालीस लोगों की मौत हो गई है दिल्ली पुलिस का कहना है कि साठ लोगों को बचा लिया गया है आग बुझाने के काम में दमकल की पच्चीस गाड़ियों को लगाया गया दमकल विभाग के अनुसार आनाज मंडी में आग लगने की जानकारी सुबह पांच बजकर बाईस मिनट पर दी गई घायलों को लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल राम मनोहर लोहिया अस्पताल और हिंदुराव अस्पताल में भर्ती कराया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आज सुबह आग लगने की घटना पर चिंता व्यक्त की है आकाशवानी ईटानगर के क्षेत्रीय समाचार इकाई में कैजुल असाइनमेंट के आधार पर न्यूज एडिटर इंग्लिश न्यूज रीडर इंग्लिश और न्यूज रीडर कम ट्रांस्लेटर हिंदी की नौकरी के लिए राजधानी क्षेत्र ईटानगर में रहने वाले भारतीय मूल के इच्छूक उम्मीदवारों से निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन आमंत्रित किए जाते है

आज का अधिकतम तापमान अट्ठाईस दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान दस डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया